हरियाणा में कैथल और पलवल सहकारी चीनी मिलों द्वारा तैयार उच्च ग्णवत्ता वाले ग्रड़ एवं शक्कर की बिक्री श्रू हई

पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में आज लोहड़ी का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोहड़ी की बधाई दी

बार बार हाथ धोना व मास्क पहनना है जरूरी और नहीं भूलनी है दो गज की दूरी आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के इस संदेश को भी याद रखना है दवाई भी और कड़ाई भी

श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को फसलों के अप्रत्याशित न्कसान से बचा रही है उन्होंने कहा कि एक फसल बीमा मोबाइल एप्प् भी उपलबध करवाई गई है जहां किसान योजना सम्बधी सारी जानकारी हासिल कर सकते है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समवित पात्रा ने कहा है कि पार्टी तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने और उच्चतम न्यायालय के फैसले को स्वीकार करती है आज नई दिल्ली में पत्रकारों को समबोधित करते हये श्री पात्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी निर्णय पर पहंचने से पहले तालमेल बातचीत समझौता और हल चार प्रमुख मापदंड अपनाती है उन्होने उम्मीद जताई कि किसान संगठन भी उच्चतम नयायालय के इस फैसले को स्वीकार करेंगे उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति इसका हल निकालने के लिए काम कर रहा है श्री पात्रा ने ज़ोर देकर कहा कि केन्द्र में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार गरीबों कामगारों और कमज़ोर वर्गो को ऊंचा उठाने के लिए लगातार काम कर रही है

उन्होंने कहा कि वैक्सीन के जल्द ही गुरूग्राम पहंचने की संभावना है और इसको लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है उन्होंने कहा कि कोविड के नये स्ट्रेन में भी यह वैक्सीन कारगर साबित होगी

हरियाणा में कैथल और पलवल सहकारी चीनी मिलों दवारा तैयार उच्च ग्रणवता वाले ग्रुड़ एवं शक्कर की बिक्री की शुरूआत हो गई है यह जानकारी देते हये सहकारिता मंत्री डा बनवारी लाल ने कहा कि महम की चीनी मिल दवारा गुड़ और शक्कर का उत्पादन व बिक्री पहले से ही शुरू कर दी गई थी उन्होंने कहा कि इन चीनी मिलों द्वारा इलायची सौंफ काली मिर्च और हल्दी इत्यादि मिला कर मसाला गुड़ भी तैयार किया जा रहा है जो सेहत के लिए फायदेमंद होगा

उन्होंने कहा कि इस पायलट परियोजना की सफलता के उपरांत प्रदेश की अन्य सहकारी चीनी मिलों में भी गुड़ एवं शक्कर का उत्पादन किया जाएगा प्राथमिक तौर पर इस प्रकार के गुड़ की पैकिंग एक किलो के पैकेट में होगी और इसमें तीन प्रकार के सादा हल्दी व मसाला गुड़ उपलब्ध रहेगा

बैठक के दौरान श्री निशंक ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा विभागों के बीच नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए एक कार्यबल गठित करने का सुझाव दिया यह कार्यबल विद्यार्थियों के स्कूली शिक्षा से उचच शिक्षा की ओर सुचारू पारगमन को स्विधाजनक बनायेगा शिक्षा मंत्री ने नई शिक्षा नीति के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के नेतृत्व में एक समीक्षा समिति और एक कार्यान्वयन समिति के गठन का भी सुझाव दिया है उन्होंने संकृल से सरल संस्कृति की ओर जाने की जरूरत पर बल दिया श्री निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रौदयोगिकी मंच और राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान इस नीति की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है

शिक्षा मंत्री ने बेहतर परिणामों के लिए उद्वयोग और शिक्षा क्षेत्र क बीच सम्बंध बनाने पर भी जोर दिया पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में आज लोहड़ी की त्यौहार पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है यमुनानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज जिले के सभी इलाकों मे लोहड़ी के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जगाधरी के महाराजा अग्रसेन कालेज में यह ध्मधाम से मनाया गया कई सामाजिक संगठनों ने झ्ग्गी झोपडिय़ों और वृद्धाश्रम में जाकर लोहड़ी मनाई फरीदाबाद मे हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिष्द दवारा बाल भवन में लोहड़ी महोत्सव मनाया गया इस मौकेपर प्ले स्कूल और मूक व बधिर केन्द्र के बच्चों ने अपनी प्रस्त्र्तियां दी अम्बाला में भी आज लोहड़ी की ध्रम रही

पलवल के एम वी एन विश्वविदयालय में भी यह त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया गया और ढोल पर नाच की प्रस्त्ति भी की गई आज लोहड़ी मकर सक्रांति उत्तरायण और पौष पर्व के अवसर पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविदं उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायड़ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को बधाई और श्भकामनायें दी है एक टवीट संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार हमारे समाज में प्रेम स्नेह और सौहार्द के बंधन केा मजबूत करेंगे और देश मे प्रसन्नता व समृद्धि बढ़ायेंगे

प्रधानमंत्री ने अवसर पर सबके लिए ख्शी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है